उन्होंने चौबीस करोड़ की परियोजनाओं के कार्यों का शिलान्यास भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्नाव क्रांतिकारियों की धरती है श्री योगी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में उन्नाव के क्रांतिकारियों द्वारा किये गये योगदान के लिये देश उनका सदैव ऋणी रहेगा इस अवसर पर उन्होंने क्रांतिकारियों को नमन करते हये उनके नाम को जीवन्त रखने के लिये कई घोषणाएं भी की इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित जलशक्ति मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिहं और सांसद साक्षी महाराज मौजूद रहें भारत में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या आज पचास लाख को पार कर गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मात्र ग्यारह दिनों में दस लाख रोगी स्वस्थ हए हैं मंत्रालय के अनुसार देश में हाल के दिनों में प्रतिदिन नब्बे हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे थे देशमर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या पांच गुना से अधिक हो गई है मंत्रालय ने इसे सराहनीय उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह चिकित्सा के आधारभूत ढांचे मानक उपचार के तरीके के कार्यान्वयन चिकित्सकों और प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण हासिल किया जा सका है देश में स्वस्थ होने वालों की दर बयासी दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चउहत्तर हजार से अधिक लोग स्वस्थ हए हैं वर्तमान में यह क्ल रोगियों का केवल पन्द्रह दशमलव आठ पांच प्रतिशत रह गई है भारत में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोगों की संख्या ने एक दिन में बयासी हजार एक सौ सत्तर की संख्या के साथ साठ लाख को पार कर लिया है वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या नौ लाख बासठ हजार है वर्तमान में भारत में संक्रमण से मृत्यु दर एक दशमलव पांच सात प्रतिशत है जो विश्व स्तर पर सबसे कम दर वाले देशों में से है पिछले चौबीस घटों में एक हजार उनतालीस मौतें के साथ मृतकों की कुल संख्या पंचानबे हजार पांच सौ बयालिस तक पहंच गई है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वालों की दर चौरासी प्रतिशत से अधिक हो गई है और नए मामलों में गिरावट आई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले चउबिस घंटों में वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

न्यायमूर्ति ए एम खानवित्कर की अव्यक्षता वाली पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग से एक शपथपत्र देने को कहा था अदालत आगामी ब्धवार को मामले की सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत यूपीएससी के उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार बीस को स्थगित करने की मांग की गई है

वह देश की आजादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र तेईस वर्ष की आय् में उन्हें राजगुरू और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि क्रांति की ओजस्विता को वैचारिक धरातल करने वाला सरदार भगत सिंह का जीवन सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये प्रेरणा है मुख्यमंत्री ने भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्वाजलि देते हुए कहा कि भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी विचारों और सर्वोच्च बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और देश के युवाओं को स्वाधीनता का संकल्प लेने के लिए जागरूक किया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी शहीद भगत सिंह की जयंती पर श्रद्वांजलि दी है